बिहार में बाईस जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला

समूचित इलाज से राज्य में कोविड उन्नीस के छप्पन मरीज स्वस्थ हये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद विडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात चीत करेंगे इसमें मुख्य रूप से कोविड उन्नीस संक्रमण को खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा की जाएगी पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों से यह तीसरा संवाद होगा बाइट प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के द्रष्टिकोण पर विचार करने के बाद पिछले महीने पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी यहां तक कि तीन मई तक इसे बढ़ाने की घोषणा भी राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही किया गया लॉकडाउन के समाप्त होने के मात्र एक सप्ताह पहले हो रही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण मानी जा रही है तेलंगाना ने पहले ही अगले महीने की सात तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है जबकि अन्य राज्य अपनी दिशा को तय करने के लिए प्रतिदिन आ रहे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया भर से प्रशंसा अर्जित की है और कई फैसलों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता और सामान्य जन जीवन सुनिश्चित किया है प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली ईद कोरोना रूपी संकट से मानवता को उभारने का पैगाम लेकर आएगी आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी से मिलकर लड़ने में देशवासियों की सराहना की है कल आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने इस महामारी से लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना राशन की आपूर्ति पूर्णबंदी का अनुपालन अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए प्रे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है बाइट भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है

से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है

गरीबों को तीन महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर राशन जैसी सुविधायें भी दी जा रही हैं इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग एक जमंउ की तरह दिन रात काम कर रहे हैं बिहार में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छब्बीस नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो सौ सतहत्तर हो गयी है संक्रमित होने वालों में नौ प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं कल जहानाबाद जिले से भी एक संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य के अड़तीस जिलों में से बाईस में इस महामारी ने अपने पैर पसार लिये हैं सबसे अधिक अड़सठ लोग मुंगेर जिले में प्रभावित हुये हैं जबकि नालंदा में चौंतीस और पटना में तैंतीस लोग संक्रमित हुये हैं इधर समुचित इलाज के बाद लोगों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है कल तीन महिलाओं सहित ग्यारह लोगों को एक साथ स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गयी अब राज्य में छप्पन मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं वहीं दो सौ तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सत्ताईस हजार आठ सौ बानवे हो गयी है वहीं इलाज के बाद छह हजार एक सौ पचासी लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं इस महामारी से देशभर में अब तक आठ सौ बहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है देश में कोविड उन्नीस के रोगियों के ठीक होने की दर अब सुधरकर लगभग बाईस प्रतिशत पहुंच गई है कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नयी दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए कहा कि इस समय विश्व स्तर पर सात प्रतिशत की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर केवल तीन दशमलव एक प्रतिशत है कोविड महामारी के संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए राज्यभर में किये गये सर्वे के तहत अब तक लगभग चार करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है राज्य स्तर पर घर घर कराए जा रहे हैं सर्वेक्षण के कार्य में अब तक तिहत्तर लाख सात हजार घर का सर्वेक्षण किया जा च्रका है इस दौरान अब तक दो हजार पांच सौ तिहत्तर लोगों में बूखार खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है जिसके बाद इनमें से उन्नीस सौ लोगों का स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया है राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अभी दो सौ चार आपदा राहत केंद्र चलाये जा रहे हैं भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए वाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर जारी किया है इन नम्बरों पर कोई भी प्रामाणिक सूचना पायी जा सकती है इसके लिए लोगों को नमस्कार का संदेश भेजना होगा इसके बाद तूरंत एक मेन्यू आयेगा जिससे जानकारी ली जा सकेगी इसके लिए भारत सरकार ने नौ शुन्य एक तीन एक पांच एक पांच एक पांच और डब्ल्यू एच ओ ने चार एक सात नौ आठ नौ तीन एक आठ नौ दो जारी किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर एस एस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड उन्नीस महामारी से पीडित सभी लोगों की बिना किसी भेदभाव के सहायता के लिए सक्रियता से काम करने को कहा है उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को भय और रोष से दूर रहकर तथा वातावरण में सकारात्मकता बनाये रखते हुए देश की बेहतरी की दिशा में काम करना चाहिए श्री भागवत नागपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये स्वयंसेवकों के बौद्धिक सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने स्वयंसेवकों से महामारी का अंत होने तक राहत कार्य जारी रखने की अपील भी की लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है

सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने नोवेल कोरोना वायरस को मात देने को लिए पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया

जहां आप दो लोग खडे हैं

नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खडे रहें वहीं मणिपाल अस्पताल नई दिल्ली में वरिष्ठ हदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना तथा अन्य एहतियाती उपाय करने चाहिए

राज्य सरकार ने प्रदेश में दुकानों के खोले जाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों से फीडबैक ली गयी है उच्च स्तर पर समीक्षा के बाद ही राज्य में दुकानों को खोलने के लिए कोई गाईडलाईन जारी की जायेगी गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कई शर्तों के साथ हॉटस्पॉट से बाहर वाले क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं की दुकानों के खोलने की अनुमति दी है प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में दस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हजार चार सौ इक्यावन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार पांच सौ छियासठ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं चौवालीस हजार एक सौ दो वाहन भी जब्त किये गये हैं सरकार ने मीडिया के एक वर्ग में आई इन खबरों को भी खारिज कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु पचास वर्ष करने का प्रस्ताव है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सेवानिवृत्ति की आयू घटाने का कोई प्रस्ताव किसी भी स्तर पर नहीं है उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित स्वार्थी तत्व हैं जो पिछले कुछ दिनों से सरकारी सूत्रों के हवाले से गलत सूचनाएं दे रहे हैं केन्द्र सरकार ने व्हाट्सऐप पर चल रहे इस दावे का गलत बताया है कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथ डॉक्टरों को कोविड उन्नीस के उपचार की अनुमति दी है एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को गलत कहा है पीआईबी ने बताया है कि मंत्रालय ने केवल कोविड उन्नीस के उपचार में आयुष की भूमिका से संबंधित छोटी अवधि के अनुसंधान प्रस्तावों की प्रणाली तैयार की है मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी तेज आंधी और बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान चक्रवाती दबाव के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार तीस अप्रैल तक आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी नवादा जिले में वाहन जांच करने के दौरान अवैध वसूली करने के आरोप में एक एएसआई रामाधार प्रसाद यादव और सिपाही भूपेन्द्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है वहीं सहरसा जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त एक सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल देश के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे बैठक में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच स्कूलों शैक्षिक संगठनों की वर्तमान स्थिति और आगे की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और कोरोना संक्रमण की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान की सूर्खी है छह जिलों में छब्बीस नये संक्रमित मिले दैनिक जागरण ने प्रदेश में वज्रपात से बारह की मौत कई झुलसे को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है केन्द्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा प्रवासी श्रमिकों को घर लौटने की जरूरत नहीं उनका रख रहे हैं ध्यान प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बाहर से लौटे लोगों की हो सघन स्क्रीनिंग दैनिक आज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात पर शीर्षक दिया है दो गज दूरी बहुत है जरूरी

बिहार में बाईस जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला

समुचित इलाज से राज्य में कोविड उन्नीस के छप्पन मरीज स्वस्थ हुये